अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए पांच शहरों में शिमला का नाम भी शामिल मंत्री कार्यभार केंद्रीय मंत्रिमण्डल के गठन के बाद आज गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित विभिन्न मंत्रियों ने अपने कार्यभार संभाले अमित शाह के साथ राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी और नित्यानंद राय ने भी गृह मंत्रालय में अपना अपना प्रभार संभाला केन्द्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने भी आज रक्षामंत्री का कार्यभार संभाला केन्द्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का कार्यभार संभाला केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी औपचारिक रूप से कृषि और कृषक कल्याण मंत्रालय का कार्यभार संभाला पुरूषोत्तम रूपाला और कैलाश चौधरी ने मंत्रालय में राज्यमंत्री के रूप में कार्यभार ग्रहण किया केन्द्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का कार्यभार संभाला बाबुल सुप्रियो ने भी इसी मंत्रालय में राज्य मंत्री का पदभार संभाला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

शिमला में आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमण्डल की बैठक में ये निर्णय लिया गया

इस निर्णय से अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्गों को छोडकर ऐसे सभी परिवारों को लाभ मिलेगा जिनकी सालाना आय चार लाख रूपए से कम है

मंत्रिमण्डल ने वृद्धजनों विधवाओं और दिव्यांगजनों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन में वृद्धि संबंधी महत्पूर्ण फैसला भी लिया

ये वृद्धि इस वर्ष पहली जुलाई से लागू होगी इसके अलावा मंत्रिमण्डल ने विभिन्न विभागों में अनेक पद भरने को भी स्वीकृति प्रदान की

जयराम केंद्रीय मंत्रिमण्डल द्वारा विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं लागू करने के निर्णय पर मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार जताया है

मुख्यमंत्री ने सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा पैंशन देने को ऐतिहासिक निर्णय बताते हुए कहा कि इसके तहत सभी दुकानदारों और परचून व्यापारियों को लाभ मिलेगा विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने भी केंद्रीय मंत्रिमण्डल की पहली बैठक में जनहित में लिए गए फैसलों का स्वागत किया है एक बयान में उन्होंने कहा कि ये ऐतिहासिक निर्णय भविष्य में आम लोगों के लिए मील पत्थर साबित होंगे बिंदल ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त किया है कुरियन सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ ने समाज में नैतिक मूल्यों में आ रही कमी पर चिंता जताई है कुल्लू में आज नैतिक मूल्यों का पतन नशाखोरी और पर्यावरण संरक्षण विषय पर आयोजित एक सेमिनार में मुख्य अतिथि के रूप में उन्होंने समाज में सौहार्दपूर्ण वातावरण स्थापित करने पर बल दिया कुरियन जोसेफ ने कहा कि प्रत्येक नागरिक की ये नैतिक जिम्मेदारी है कि वो जाति धर्म और क्षेत्रवाद को दरकिनार कर मजबूत समाज के निर्माण में अपना सहयोग दें इस अवसर पर प्रदेश उच्च न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति धर्मचंद चौधरी ने कहा कि न्यायपालिका का उददेश्य समाज में बढ़ रही बुराईयों को दूर करना है

लोकसभा के लिए पार्टी के नवनिर्वाचित सदस्यों की आज दिल्ली में हुई बैठक में उन्हें सर्वसम्मति से दल का नेता चुना गया बैठक में मौजूद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने पार्टी कार्यकर्ताओं और मतदाताओं का आभार जताया बाद में संवाददाताओं से बातचीत में पार्टी प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने बताया कि संसद के आगामी अधिवेशन के लिए पार्टी की रणनीति तैयार की जाएगी इस बीच प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने सोनिया गांधी को कांग्रेस संसदीय दल का नेता चुने जाने पर बधाई दी है पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा है कि इससे संसद में पार्टी को मजबूत नेतृत्व मिलेगा पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने सोनिया गांधी को कांग्रेस संसदीय दल की नेता चुने जाने पर खुशी जाहिर करते हुए उन्हें शुभ कामनाएं दी है योग दिवस केंद्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राष्ट्रीय कार्यक्रम करने के लिए पांच शहरों का चयन किया है जिनमें दिल्ली मैसूर अहमदाबाद और रांची सहित शिमला का नाम भी शामिल हैं

मेला राज्य सरकार ने मण्डी जिले में जोगिंद्रनगर मेले को राज्य स्तरीय मेला घोषित किया है इसके अलावा सिराज दीप उत्सव थुनाग को जिला स्तरीय दर्जा देने की घोषणा की गई है इस संबंध में सराकर की ओर से ये सूचना जारी कर दी गई है शास्त्रीय संगीत सोलन में आज से दो दिवसीय शास्त्रीय संगीत सम्मेलन शुरू हुआ गुरू शिष्य व शास्त्रीय संगीत संस्था सोलन द्वारा आयोजित इस सम्मेलन का मुख्य उददेश्य गुरू शिष्य परंपरा को बनाए रखना और शास्त्रीय संगीत को बढ़ावा देना है संस्था के अध्यक्ष सीताराम शर्मा ने बताया कि इस दौरान सभी आयु वर्ग के लोगों को शास्त्रीय संगीत में अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका दिया जा रहा है उन्होंने कहा कि आज शास्त्रीय व भजन गायन हारमोनियम और तबला वादन जैसी प्रतियोगिताएं आयोजित की गई जिसमें करीब सौ बच्चों ने भाग लिया

प्रतियोगिता का शुभारंभ करते हुए उरनी पंचायत की प्रधान गीता नेगी ने कहा कि इससे दूर दराज क्षेत्र के प्रतिभागियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का बेहतर मौका मिलेगा